किसान वार्ता नये कृषि कानूनों पर गतिरोध समाप्त करने के लिए किसान संगठनों के प्रतिनिधि बुधवार को सरकार के साथ छठे दौर की वार्ता करेंगे

केंद्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार ने आपत्ति वाले प्रावधानों के संभावित समाधान तैयार किए हैं श्री तोमर ने आशा व्यक्त की है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन जल्द ही समाप्त हो जाएगा उन्होंने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रहेगी उन्होंने दोहराया सरकार किसानों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनकी सभी समस्याओं के समाधान के लिए तैयार है मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की सरकार किसानों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध थी है और आने वाले कल में भी रहेगी अगर आप छह वर्ष मोदी जी के कार्यकाल में कृषि के क्षेत्र को देखेंगे तो मोदी जी के नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन किया गया है इसमें किसान की आमदनी में बढ़ोत्तरी हुई है

बजट बढ़ा है एमएमपी बढ़ी है सरकारी खरीद बढ़ी है और किसान मंहगी फसलों के प्रति आकर्षित हो सकें किसान टैक्नॉलोजी से जुड़ सकें और किसान सफलता की और बढ़ सकें इस मामले में मोदी जी की सरकार ने ऐतिहासिक रूप से काम किया है युनेस्को हैरिटेज प्रदेश के ऐतिहासिक शहर ग्वालियर और ओरछा को यूनेस्को ने अर्बन लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम के तहत विश्व धरोहर शहरों की सूची में शामिल कर लिया है पर्यटन से जुड़े विशेषज्ञ इसे शहर के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे और उनका कहना है हेरिटेज की सूची में आने के बाद ग्वालियर की शक्ल पूरी तरह से बदल जाएगी अब यूनेस्को ग्वालियर और ओरछा के ऐतिहासिक स्थलों को बेहतर बनाने और उसकी खूबसूरती निखारने के लिए पर्यटन विभाग के साथ मिलकर मास्टर प्लान तैयार करेगा अगले वर्ष यूनेस्को की टीम मध्यप्रदेश आएगी और मास्टर प्लान तैयार करेगी इस परियोजना के तहत यूनेस्को ऐतिहासिक शहरों के विकास के लिए सबसे बेहतर तरीके और साधनों का पता लगाएगा यूनेस्को के मुताबिक ग्वालियर और ओरछा दोनों के ऐतिहासिक केंद्रो ने धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ाया है जिसने शहरों की आर्थिक उन्नति में काफी योगदान दिया है आत्म निर्मर कृषक आत्म निर्भर कृषक आत्म निर्भर कृषि विषय पर कल खण्डवा जिले के झुमरखली में वृक्ष घर सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें प्रदेश भर के किसानों ने भाग लिया कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल और वन मंत्री विजय शाह भी शामिल हुए इसमें श्री पटेल ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत तब होगा जब आत्मनिर्भर गांव होगा और गांव का किसान होगा उन्होंने कहा कि इसके लिए पारंपरिक खेती ही करना विकल्प नहीं है बल्कि अपनी अनुपयोगी मेढ़ की भूमि पड़ती भूमि नदीनालों के किनारे की भूमि पर वृक्ष लगाएं

वहीं भोपाल कलेक्टर ने कहा है कि बाजार खुलने का समय बढ़ाया गया है हालांकि लोग जरूरत पड़ने पर ही देर रात घर से निकलें

यह दिन हमारे देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए सैनिकों दिव्यांग हुए पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के त्याग को सम्मान पूर्वक याद करने एवं आम नागरिकों का उनके प्रति आभार व्यक्त करने के प्रतीक स्वरूप मनाया जाता है झण्डा दिवस पर प्रतीक ध्वज एवं कार ध्वज संस्थाओं और नागरिकों को वितरित कर उनसे धन राशि का योगदान लिया जाता है इस राशि का उपयोग शहीद सैनिक की विधवाओं अपंग सैनिकों एवं अन्य भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये किया जाता है

वे यहां विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे

वहीं अनियमितता बरतने वाले दो कर्मचारियों को गिरफुतार भी किया गया है